देश में कृषि कानून लागू होने के बाद कोई कृषि मंडी बंद नहीं हुई

प्रदेश में अब तक चार लाख चौदह हजार से अधिक कोविड के टीके लगाये गये

अब तक तीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पहले तो इसका समर्थन देते थे

फार्मस पर इतना ज्ञान लेने वाले कांग्रेस फार्म लॉन वेवर्स के बारे में बहुत सारी स्टेटस ने इलेक्शन जीतने के लिए वायदा देते थे कि फार्म लोन दे रहे हैं हम प्लीज बोट दें दो

वित्तमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट में शामिल सुधार और पहल के जरिये भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की रिथति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकर द्वारा किये गये सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है वित्तमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए तीन पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग उनतीस करोड़ सतासी लाख रुपये की राशि दी गई है केन्द्र सरकार ने दो हजार बीस में बाढ़ चक्रवात और कीट प्रकोप प्रभावित बिहार समेत पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से तीन हजार एक सौ तेरह करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दे दी है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने इस प्रस्ताव को सहमति प्रदान की दक्षिण पश्चिम मॉनसून दो हजार बीस के दौरान बाढ़ प्रभावित बिहार के लिए एक हजार दो सौ पचपन करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं इसके अतिरिक्त केन्द्र ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष से वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के दौरान अठाईस राज्यों को अब तक उन्नीस हजार छत्तीस करोड़ से अधिक की राशि दी है और राष्ट्रीय आपदा मोचन जोखिम प्रबंधन कोष से ग्यारह राज्यों को चार हजार चार सौ नौ करोड़ रुपये जारी किए हैं कोविड टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को आज से वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है लाभार्थियों को उन्हीं केन्द्रों पर टीके दिये जा रहे हैं जहां उन्हें पहली बार टीका दिया गया था देश भर में कोविड टीकाकरण का पहला चरण सोलह जनवरी से शुरू हुआ था गौरतलब है कि कोविड टीके की दो खुराके लेनी आवश्यक है पहली खुराक के अट्ठाईस दिनों के बाद टीके की दूसरी खुराक दी जाती है इसके बाद ही शरीर में कोविड के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है इधर इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च के संचारी रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर समिरन पांडा ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लगने के पन्द्रह दिन बाद भी यदि प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में लोगों को बूस्टर डोज लेना होगा इधर अब तक राज्य में चार लाख चौदह हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इसमें तीन लाख अठासी हजार स्वास्थ्य कर्मी और छब्बीस हजार चार सौ इक्यासी फ्रंट लाईन वर्कर्स हैं देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कुल ग्यारह हजार तीन सौ पंचानवे कोविड मरीज ठीक हुए हैं ठीक होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ छह लाख छह सौ पच्चीस तक पहुंच गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक लाख छत्तीस हजार पांच सौ इकहत्तर है मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब तक उनासी लाख सड़सठ हजार छह सौ सैंतालीस लाभार्थियों को कोविड उन्नीस के टीके लगाये जा चुके हैं राज्य में कोविड टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा के खूलासे के बाद सरकार ने जांच के लिये बारह टीमों का गठन किया है इस मामले में कई जिलों में कोविड जांच की गलत रिपोर्ट तैयार करने की शिकायतें सामने आयी हैं इधर गड़बड़ी की शिकायत सही पाये जाने के बाद इस मामले में जमुई जिले के सिविल सर्जन सहित चार चिकित्सकों को निलंबित कर दिया गया है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव आज आकाशवाणी पर कोविड जागरूकता कार्यक्रम के तहत रात्रि साढ़े नौ बजे से लाईव फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देंगे श्रोता टोल फ्री फोन नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात पर कोरोना से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य में धान की खरीद की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने अधिकारियों को जिलों में गोदाम और भंडारण के लिये उपलब्ध स्थिति का आकलन कराने को कहा श्री कुमार ने राज्य में उसना चावल तैयार करने के लिये प्रोत्साहन दिये जाने पर बल दिया है उन्होंने इसके लिये पैक्स और मिल मालिकों के साथ बैठक करने को कहा सहकारिता विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि अब तक तीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है उन्होंने कहा कि धान बेचने के लिये किसानों को नये सिरे से निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है गौरतलब है कि राज्य में इक्कीस फरवरी तक धान की अधिप्राप्ति की जायेगी सरकार ने पैंतालीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम के दौरान फसल खरीद से इक्यानवे लाख से अधिक धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है फसल की खरीद से एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को दी गयी है सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद करती है निगरानी विभाग की टीम ने पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित कृषि विभाग के पदाधिकारी गणेश कुमार राम के आवास पर छापेमारी की आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी ने ये छापेमारी की है छापेमारी के दौरान विभिन्न बैंकों के पासब्रक पॉलिसी में निवेश तथा जमीन के कागजात जेवरात और पांच लाख से अधिक नकदी बरामद की गयी है आज विश्व रेडियो दिवस है इस दिवस को दो हजार ग्यारह में यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा घोषित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो हजार बारह में इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था यूनेस्को के अनुसार रेडियो एक सशक्त माध्यम है और यह लोकतांत्रिक प्रचार के लिए एक मंच प्रदान करता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेडियो एक शानदार माध्यम है जो सकारात्मक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है आज विश्व रेडियो दिवस पर एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने रेडियो के सभी श्रोताओं को शुभकामनायें दीं और रेडियो से जुड़े उन सभी को बधाई दी है जो अपने श्रोताओं को रेडियो से नवीन सामग्री और संगीत की गूंज सुनाते हैं सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं श्री जावेडकर ने कहा कि रेडियो का लगातार विस्तार हो रहा है

लोग रेडियो सुनते हैं खेत खलिहान में काम पर चाय की टपरी पर टीवी नहीं देख सकते हैं सोशल मीडिया एक मर्यादा के बाद टेलिफोन मे पढते रहना बहुत असंभव होता है रेडियो सुनना ये अपनी विरासत भी है और रेडियो सुनना आनंद भी है

पाकेट में मोबाइल है कार में तार है स्पीकर है और सुनते रहो और ये अनुभव रेडियो का है इसलिए श्रेडियो डेश के उपलक्ष्य में मेरी बहुत सारी श्भकामनाएं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा ने आज पदभार ग्रहण किया इस अवसर पर श्री झा ने कहा कि राज्य सरकार के विकास कार्यो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य सूचना एवं जन संपर्क विभाग की जिम्मेवारी है मंत्री ने सोशल मीडिया की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि आज के जमाने में संचार क्रांति का कार्य सोशल मीडिया ने किया है उन्होंने कहा कि सूचना भवन में मीडिया सेंटर बनाया जायेगा बिहार के खिलौना निर्माताओं और शिल्पकारों ने खिलौना मेला आयोजित करने के केन्द्र सरकार की पहल का स्वागत किया है गौरतलब है कि यह मेला वर्चुअल रूप में सत्ताईस फरवरी से दो मार्च तक आयोजित किया जायेगा कैमूर के एक खिलौना निर्माता ने बताया कि इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी

केन्द्र सरकार ने राज्य की मांग के बाद दो कंपनी अर्द्वसैनिक बल भेज दिया है प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है दिन के समय धूप खिली रहने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिली है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान मौसम के रूख में बदलाव के आसार नहीं हैं वहीं रात के तापमान में भी अधिक बढ़ोतरी नहीं होगी कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा आज राज्य का सबसे ठंडा स्थान गया रहा जहां का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का न्यूनतम तापमान तेरह दशमलव चार और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान तेरह डिग्री सेल्सियस रहा वहीं भागलपुर में न्यूनतम तापमान चौदह डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया भाजपा विधायक अरूण शंकर प्रसाद से अज्ञात अपराधियों ने रंगदारी की मांग की है इस मामले में उन्हें मोबाईल पर फोन कर धमकी भी दी गयी है श्री प्रसाद खजौली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य है विधायक ने मधुबनी जिले के बासोपट़टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सड़क द्र्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी वहीं बेगूसराय जिले में अलग अलग घटनाओं में तीन युवकों की मौत हो गयी शेखपुरा जिले में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहरी गांव से साइबर क्राइम के दो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया पश्चिम चंपारण जिले के बाल्मिकी नगर टाईगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत मंगुराहा रेंज के जंगल में एक आदमखोर बाघ ने एक दंपति पर हमला कर दिया हमले में पति पत्नी की मौत हो गयी

देश में कृषि कानून लागू होने के बाद कोई कृषि मंडी बंद नहीं हुई

प्रदेश में अब तक चार लाख चौदह हजार से अधिक कोविड के टीके लगाये गये

अब तक तीस लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी